कृषि सुधारों पर मुख्यमंत्रियों व राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ कल एक बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश पूरी तरह से किसान हितैषी है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी गुमराह नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि किसानों से एमएसपी पर उपज की खरीद पहले की तरह जारी रहेगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि फंड का पूरा उपयोग कर गांव गांव में इसका लाभ पहुंचाया जाएगा गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स का गठन करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने सम्बन्धी शिक्षा विभाग की कल शिमला में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा टास्क फोर्स में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ और शिक्षाविद् शामिल होंगे गोविन्द ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही देश से मैकॉले शिक्षा पद्धति की विदाई सुनिश्चित हो जाएगी

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह में अटल टनल रोहतांग का उदघाटन करेंगे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता बीएस नेगी ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्य मार्ग से हैलीपैड तक सम्पर्क सड़क को भी दुरूस्त किया जा रहा है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक ने लिखा है चंबा में कोरोना से दो और मौतें दिव्य हिमाचल ने मंत्री की दिल्ली रवानगी से हिमाचल में सियासी गरमाहट शीर्षक से लिखा है आरोपों की जांच से फिलहाल मुख्यमंत्री का इंकार हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है घरों में ही रखे जाएं बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजीटिव आपका फैसला के शब्द हैं किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा